मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा प्रदेश में ऑक्सीजन की कालाबाज़ारी करने वालों के खिलाफ गैगस्टर और एनएसए के तहत होगी कार्यवाही मुख्यमंत्री ने प्रदेश लौट रहे प्रवासी श्रमिकों को उनके घरों तक सुरक्षित पहुंचाने और सात दिन क्वारेंटीन करने के दिये निर्देश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

सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों को विभिन्न राज्यों को ऑक्सीजन की सप्लाई निर्बाध और सुचारू रूप से सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है श्री मोदी ने देशमर में रोगियों के इलाज में काम आने वाली आक्सीजन की उपलब्धता की कल उच्च स्तरीय बैठक में समीक्षा की इस दौरान ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने के तौर तरीकों पर भी विचार विमर्श किया गया उन्होंने सप्लाई में किसी तरह का व्यक्धान उत्पन्न होने पर स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी तय करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया मंत्रालयों को निर्देश दिये गए कि ये ऑक्सीजन का उत्पादन और आपूर्ति बढाने के विभिन्न तौर तरीकों को पता लगाएं प्रधानमंत्री ने राज्यों को तेजी से ऑक्सीजन का परिवहन सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया राज्यों से गैस के जमाखोरों पर कड़ी कार्रवाई करने को भी कहा गया आक्सीजन का उत्पादन बढाने के साथ साथ इसके तेजी से वितरण और अस्पतालों में इसके उपयोग के नये तरीकों का पता लगाने की जरूरत है उन्होंने कहा कि राज्यों की ऑक्सीजन की मांग का पता लगाने और उसके अनुसार पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए तालमेल के साथ काम करने की आवश्यकता पर बल दिया गया इससे पहले अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को राज्यों को ऑक्सीजन की सप्लाई में लगातार बढोतरी के बारे में जानकारी दी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जलवाय परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए मानवता को ठोस कार्रवाई करने की आवश्यकता है और इस तरह की कार्रवाई बहुत तेजी से बडे पैमाने पर और विश्व स्तर पर होनी जरूरी है जलवायू परिवर्तन पर कल शाम विश्व नेताओं के शिखर सम्मेलन को वीडियो काफ्रेंसिंग के जरिये संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि विकास की चुनौतियों के बावजूद भारत ने प्रदूषण रहित स्वच्छ ऊर्जा ऊर्जा दक्षता वक्षारोपण और जैव विविधता के क्षेत्र में कई जोरदार कदम उठाए हैं

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड मरीजों के बेहतर उपचार की समी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं

उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन रिफिल केन्द्रों पर जिम्मेदार अधिकारियों की तैनाती के साथ साथ पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाये और ऑक्सीजन टैंकर को जीपीएस से जोड़ा जाये उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ गैंगस्टर और एनएसए के तहत कार्रवाई की जाये मुख्यमंत्री ने चिकित्सा रिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि समी जिलों में अस्पतालों में नोडल अधिकारी कैम्प करे मुख्यमंत्री ने रेमडेसिविर इंजेक्शन और फैबीफ्लू जैसी जीवन रक्षक दवाओं की निर्बाध आपूर्ति के लिये इसकी मॉनीटरिंग कराये जाने पर जोर दिया है

कोविड मरीजों की देखभाल में इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेन्टर की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड मरीजों को बेड के आवंटन में पूरी पारदर्शिता रखी जाये उन्होंने टेस्टिंग ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट को महत्वपूर्ण बताते हुए अधिकारियों से कहा कि समी सरकारी और निजी लैब पूरी क्षमता से कोविड टेस्ट करे मुख्यमंत्री ने कहा कि विमिन्न राज्यों से लौट रहे प्रवासी कामगार श्रमिकों को सुरक्षित उनके गतंव्य तक पहंचाने के लिये परिवहन और गृह विभाग आपसी समन्वय स्थापित करते हुए काम करे उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाये कि प्रवासी श्रमिकों को सात दिन के लिये क्वारेंटीन किया जाये और अस्वस्थ होने की दशा में उनका उचित इलाज भी किया जाये अटठारह वर्ष से अधिक आय वालों को कोविड का टीका लगाने के लिए पंजीकरण का काम जल्द ही शुरू होगा सभी पात्र लोग कोविन पोर्टल कोविन डॉट जीओवी डॉट इन पर पंजीकरण करा सकते हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोगों से इसके लिए तैयार रहने को कहा है क्योंकि अगले महीने की पहली तारीख से तीसरे चरण का टीकाकरण कार्यक्रम भी शुरू हो जायेगा

देश में कोविड महामारी की दूसरी लहर में कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में संक्रमित लोगों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि हो रही है

उधर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है

देश में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के सरकारी प्रयासों में अब वायुसेना भी जुट गई है वायुसेना ने महामारी पर अंक्श लगाने में सरकार की सहायता के लिए ऑक्सीजन कन्टेनर और सिलेंडर आवश्यक दवाए उपकरण तथा चिकित्साकर्मियों को अपने विमानों से भेजना शुरू कर दिया है

रक्षामंत्री ने इस बारे में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक की जिसमें मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों तीनों सेना प्रमुखों और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष बिपिन रावत ने भाग लिया

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों आये आधी तूफान का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारियों को इससे प्रभावित लोगों को तत्काल राहत पहुंचाने के निर्देश दिये हैं उन्होंने इस आपदा में दिवंगत हए लोगों के परिजनों को चार चार लाख रूपये की राहत राशि तत्काल वितरित किये जाने के निर्देश भी दिये हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि संबंधित जिलों के जिलाधिकारी नुकसान का आकलन करते हुए प्रभावितों को अविलम्ब मुआवजा प्रदान करे श्री योगी ने यह भी कहा कि राहत कार्यो में किसी भी प्रकार की लापवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी प्रदेश में कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामलों से बचाव और नियंत्रण के मद्देनजर अब प्रदेश के निबंधन कार्यालयों में पूर्व अपॉइंटमेंट व्यवस्था लागू की गई है

उन्होंने बताया कि कागजात तैयार करने के बाद पक्षकारों को इन्हें निबंधन सहायक को देना होगा जोकि इसकी जांच करेंगे इसके बाद कागजात के निबंधन का कार्य किया जायेगा